पुलिस द्वारा जगह जगह पर नाकाबंदी कर बिना आवश्यक काम के एक जिले से दूसरे जिले में जाने वाले वाहनों को रोका जा रहा है पुलिस द्वारा शहरों में भी अनावश्यक घूमने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है बांसवाड़ा झालावाड बृंदी सवाईमाघोपूर से हमारे संवाददाताओं ने समाचार दिए है कि वहां लॉकडाउन की पालना सुनिश्चित करने के लिए पुलिस और प्रशासन द्वारा विभिन्न उपाय किए जा रहे है भरतपुर में पूलिस ने पैदल मार्च निकाला और लोगों से घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए है कल एक समीक्षा बैठक में श्री गहलोत ने अधिकारियों से कहा कि प्रदेशवासियों की जीवन रक्षा का असर पहले दिन से ही गांव ढाणी तक दिखना चाहिए उधर शिक्षा राज्यमंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने कल सीकर में संवाददाताओं को बताया कि कोविड की परिस्थिति को देखते हुए सरकार ने जून में होने वाली रीट की परीक्षा स्थगित कर दी है

उधर प्रदेश के विभिन्न जिलों में भामाशाहों द्वारा प्रशासन को विभिन्न प्रकार के चिकित्सा उपकरण व सहायता सामग्री उपलब्ध कराने का सिलसिला जारी है

उधर बीकानेर में ऑक्सीजन सिलेण्डरों की कालाबाजारी करने के मामले पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया है

केन्द्र ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ाना और संवेदनशील समूहों का टीकाकरण पूरा करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है उच्चतम न्यायालय में दाखिल हलफनामे में केन्द्र ने कहा है कि सरकार की कोविड वैक्सीन नीति तत्काल मध्यम अवधि और दीर्घावधि जरूरते पूरी करने की दृष्टि से तैयार की गई है हलफनामे में कहा गया है कि मध्यम से दीर्घ अवधि के लिए वैक्सीन की कीमत तय करना महत्वपूर्ण मुद्दा है और सरकार इस संबंध में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी प्रयास कर रही है कोविड से संबंधित मुद्दों पर उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वतः संज्ञान से लिये गये मामले में केन्द्र सरकार ने हलफनामा दाखिल किया है